इसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन तथा अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी यह बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफल परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को बधाई दी है

इसके प्रवेश पत्र मेट्रो की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं

यह कार्रवाई उदयपुर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने की पूलिस ने ठेला संचालक और एक अन्य को इस मामले में गिरफ्तार किया है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं